सोमवार तक भरे जायेंगे नामांकन पत्र

और प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी

उनतीस अप्रैल को दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्रों में होने होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे इस सिलसिले में आज जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय उजियारपुर और समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे उनके साथ लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी मंच साझा करेंगे वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का मुंगेर उजियारपुर दरभंगा और जहानाबाद में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है कांग्रेस नेता और अभिनेता राज बब्बर मुंगेर दरभंगा और पूर्वी चंपारण में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे उनके साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहेंगे इधर कल दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार किया जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने दरभंगा के तारडीह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये लोगों से विकास के लिये एक बार फिर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने समस्तीपुर में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये भाजपा पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया बक्सर में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक चूनावी रैली में कहा कि नोटबंदी और कालाधन खत्म करने के नाम पर झूठ बोलने वाली सरकार को लोग इस चूनाव में सबक सिखायेंगे वहीं भभुआ में आयोजित चूनावी कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एनडीए सरकार पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया दूसरी तरफ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दरभंगा बेगूसराय और बिहारशरीफ में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जायेगा आरा और समस्तीपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का सबसे योग्य चौकीदार बताया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा और लखीसराय में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो कर लोगों से एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन के लिये मतदान की अपील की सीपीआई एम की नेत्री वृंदा करात ने उजियारपूर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि इस बार देश के लोगों का मिजाज एनडीए सरकार के खिलाफ है इधर पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से नामांकन के बाद भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि तेईस मई को मतगणना के बाद परिणाम पूरी तरह चौंकाने वाले होंगे उन्होंने दावा किया कि एनडीए पिछली बार के मुकाबले अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत आठ संसदीय क्षेत्रों के लिये अब तक कुल एक सौ तैंतालीस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है कल पांचवें दिन उनसठ उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पटना साहिब से छह जहानाबाद और आरा से आठ आठ बक्सर से चार सासाराम से पांच काराकाट से ग्यारह नालंदा से दस और पाटलिपुत्र से सात उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा कल एनडीए की ओर से पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आरा से राजकुमार सिंह बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे काराकाट से महाबली सिंह नालंदा से कौशलेंद्र कुमार और जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं महागठबंधन की ओर से सासाराम से कांग्रेस की मीरा कुमार और बक्सर से राजद के जगदानंद सिंह ने अपना पर्चा भरा इस चरण के लिये सोमवार तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे आज चौथे शनिवार की छुट्टी होने के कारण नामांकन पत्र नहीं भरे जा सकेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रांतीय महासचिव अनिल सिंह यादव ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा के पटना जिला सचिव पर कंकड़बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गयी है उन पर बिना अनुमति होर्डिंग लगाने का आरोप है निगरानी जांच ब्यूरो ने महादलित विकास मिशन में करोड़ो रूपये घोटाले के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी केपी रमैया और एस एम राजू समेत आठ के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है आरोप है कि मिशन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिये चलाये जा रहे दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत इन अधिकारियों ने प्रशिक्षण लेने वालों का गलत आंकड़ा और खर्च दिखाकर दो हजार दस से दो हजार सोलह के बीच करोड़ो रूपये का हेरफेर किया इस मामले में मिशन के तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी मनु भाई परमार के खिलाफ अनुसंधान जारी है उन पर अभी चार्जशीट दायर नहीं की गयी है सीवान मंडल कारा में कैदियों और जेल अधीक्षक के साथ मारपीट तथा जानलेवा हमला करने के मामले में राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत पंद्रह अन्य के खिलाफ आरोप का गठन कर दिया गया है प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आंनद शंकर ने कहा कि अगले चार दिनों तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा पूरबा हवा बहने के बावजूद वातावरण में नमी की मात्रा चालीस प्रतिशत तक बनी हुयी है जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है एक डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही लू की स्थिति बन जायेगी कल गया का अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री सेल्सियस रहा वहीं पटना अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर गर्मी को देखते हये राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन कर दिया है अब इन केंद्रों का संचालन सुबह सात बजे से दिन के ग्यारह बजे तक किया जायेगा वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है इससे लगभग छह करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा प्रदेश के डाकघरों में आधार पंजीकरण का काम एक बार फिर शुरू हो गया है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

हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है मोदी के नामांकन में एनडीए एकजुट दैनिक जागरण ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है लालू के अपमान का करारा जवाब देगी जनता दैनिक भास्कर लिखता है आसाराम का बेटा नारायण साईं भी दुष्कर्मी करार सजा का एलान तीस को उम्रकैद संभव

सोमवार तक भरे जायेंगे नामांकन पत्र

और प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी